राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने झण्डारोहण किया उन्होंने पौधारोपण भी किया साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का आहवान किया राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है उन्होंने कहा कि कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर झण्डारोहण किया इसके बाद श्री गहलोत बड़ी चौपड़ पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया बाद में मुख्यमंत्री अमर जवान ज्योति पहुंचे जहां पुष्प चक अर्पित कर देश के अमर शहीदों को नमन किया कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया इस अवसवर पर श्री डोटासरा ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए समाज के कमजोर पिछड़े और गरीब वर्ग का कल्याण करना आज सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने ध्वजा रोहण किया इस दौरान संभाग और जिला मुख्यालयों पर सोशल डिस्टेसिंग की पालना करते हुए समारोह आयोजित किए गए समारोह में राज्यपाल का संदेश भी पढ़ा गया प्रदेश के जोधपुर उदयपुर कोटा अजमेर और भरतपुर संभाग के साथ ही राजसमंद दौसा सिरोही जालौर झालावाड़ प्रतापगढ़ सीकर श्रीगंगानगर बांसवाड़ा बीकानेर चूरू झुंझुनूं पाली धौलपुर बारां और टोंक जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराकर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों वीरों के बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं प्रधानमंत्री ने देश को सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र सेनाओं के सभी कर्मियों और कोरोना योद्वाओं को नमन किया श्री मोदी ने आज राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का श्रभारंभ किया उन्होंने कहा कि यह मिशन देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में नई कांति लाएगा और सभी भारतीयों को स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेंगे श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के तीन वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं और वैज्ञानिकों की स्वीकृति मिलने के बाद इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को जल्दी कोरोना वायरस का वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजना तैयार है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग ने अपने श्रोताओं के संदेशों को शामिल किया है